शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे आज महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के रूप में लेंगे शपथ राज्य में शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस गठबंधन की बन रही सरकार

अति पिछड़े क्षेत्रों में संविदा डॉक्टरों को दो लाख रुपये तक मिलेगा वेतन इन्दौर का सिंदौड़ा गॉव जिले का पहला पलास्टिक मुक्त गॉव बना कपड़े की थैलियों का उपयोग कर रहे हैं ग्रामवासी सीतारामन अर्थव्यवस्था केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश में किसी भी तरह की मंदी नहीं है और न ही ऐसी स्थिति आयेगी वे राज्यसभा में देश की अर्थव्यवस्था पर चर्चा के दौरान उत्तर दे रही थीं वित्तमंत्री ने कहा कि सरकार अर्थव्यस्था को मजबूत बनाने के लिए कई ठोस उपाय कर रही है बजट के बाद सरकार ने जो कदम उठाये हैं उनके परिणाम सामने आने लगे हैं देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए जीएसटी सुधार बैंकों की प्रंजी में वृद्धि और कई नीति संबंधी फैसले किये गये हैं प्रधानमंत्री स्वयं इस विषय पर ध्यान दे रहे हैं इससे पहले चर्चा के दौरान विपक्ष ने मंदी पर हंगामा मचाया था महाराष्ट्र शपथ शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे आज महाराष्ट्र में अगले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे शपथ ग्रहण समारोह शाम मध्य मुंबई के शिवाजी पार्क में आयोजित किया जाएगा उद्वव ठाकरे शिवसेना राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस गठबंधन सरकार के प्रमुख होंगे

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को उपमुख्यमंत्री का पद जबकि कांग्रेस को विधानसभा अध्यक्ष का पद और एनसीपी को उप विधानसभाध्यक्ष का पद मिलेगा इसके साथ ही तीनों दलों में प्रत्येक से एक या दो सदस्य मंत्री पद की शपथ लेंगे नियुक्ति आदेश मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित सहायक प्राध्यापकों ग्रंथपालों और क्रीड़ा अधिकारियों के नियुक्ति आदेश जल्द जारी होंगे

अठारह विषयों के प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण लंबित हैं

भोपाल केंद्र से यूवा कलाकार सिद्धांत गुंदेचा को तबला वादन में द्वितीय प्रस्कार प्रदान किया गया है वहीं परनराज भाटिया को सुगम संगीत गजल गायन में द्वितीय पुरूस्कार मिला है गौरतलब है कि युवा प्रमिभागियों को खोजने एवं प्रोत्साहन देने के उद्देष्य से आकाशवाणी द्वारा प्रतिवर्ष यह प्रतियोगिता आयोजित की जाती है

यह घोषणा स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ प्रभुराम चौधरी ने की

श्री चौधरी ने कल एक कार्यशाला में कहा कि कॉपी चेकिंग में सुधार के लिये सघन अभियान चलाया गया है राज्य और जिला स्तर के अधिकारियों ने स्कूलों का भ्रमण कर सुनिश्चित किया कि विद्यार्थियों की कॉपियाँ सही तरीके से चेक की जाएं

आदिवासी क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सेवा सुनिष्चित करने के लिए मुख्यमंत्री सुषेण चिकित्सक प्रोत्साहन योजना भी लागू करने का निर्णय लिया है

मध्यप्रदेश सिविल सेवा के तहत चयनित उम्मीदवारों को प्रथम तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखने का निर्णय लिया है महिला स्व सहायता समूहों के परिसंघों द्वारा संचालित प्रदेश के सात संयंत्रों का प्रबंधकीय कार्य मध्यप्रदेश एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि को सौंपने का निर्णय लिया है सात संयंत्रों में देवास धार होशंगाबाद मण्डला सागर शिवपुरी और रीवा शामिल हैं

कोदो कृटकी मध्मेह नियंत्रण गूर्दो के लिए लाभकारी है कोदो कृटकी हाई ब्लड प्रेशर के रोगियों के लिए रामबाण माना जाता है

इसका उद्देश्य ई सिगरेट के उत्पादन व्यापार आवाजाही भंडारण और विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाना है विधेयक के प्रावधानों के उल्लंघन पर एक वर्ष की जेल की सज़ा अथवा एक लाख रुपए जुर्माना या दोनों ही दंड एक साथ देने का प्रावधान है